उन्होंने कहा है कि कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिये सरकार की कार्यवाही की विश्व की सर्वोच्च संस्था द्वारा सराहना किये जाने से यह साबित होता है कि प्रदेश सरकार ने इसे लेकर सही रणनीति लागू की है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न देशों तथा देश के कई राज्यों में कोविड नाइन्टीन का दूसरा चरण देखने को मिल रहा है इसके मद्देनजर वह प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बनाये रखें मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन से बचाव और उपचार की व्यवस्था को सुद्गढ़ रखने का निर्देश देते हये कहा कि कांटैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस व्यवस्था को पहले की तरह सक्रिय रखा जाए उच्चतम न्यायालय ने आज प्रदेश सरकार को पिछली मई में घोषित परिणाम के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के उनहत्तर हजार रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति दे दी न्यायमूर्ति यू यू ललित की खण्डपीठ ने सहायक प्राथमिक सिक्षकों के चयन के लिये कटऑफ अंक बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की याचिका सहित सभी अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वह शीघ्र ही केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर प्राथमिक शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें रेहडी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत पच्चीस लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से पांच लाख पैंतीस हजार लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से साढे छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हए हैं इनमें से एक लाख सतासी हजार आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉक डाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर तिरानबे दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवालिस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक तिरासी लाख पैंतीस हजार रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं वर्तमान में करीब चार लाख छियालिस हजार लोगों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तीस हजार छ सौ सत्रह नए मामलों की पुष्टि हुई मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से चार सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई जिन्हें मिलाकर अब तक कुल एक लाख तीस हजार नौ सौ तिरानबे लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ लाख सैंतीस हजार से अधिक कोरोना जांच हुई जिन्हें मिलाकर अब तक कुल बारह करोड चौहत्तर लाख कोविड जांच की जा चुकी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आई सी एम आर ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग कोरोना के उपचार के लिए ठीक नहीं है आई सी एम आर देश के उन्तालीस सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा का उपयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है परीक्षण में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड नाइन्टीन के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है भगवान सूर्य के पूजा पाठ का महापर्व छठ आज परम्परागत रूप से नहाय खाय के अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया नहाय खाय की मान्यता के तहत श्रद्वालु स्नान करने के बाद अरवा चावल चने की दाल और लौकी जैसे खाद्य पदार्थो का सेवन करते हैं पर्व पर व्रत रखने वाले श्रद्वालु कल शाम खरना पूजन करेंगे शुक्रवार की शाम श्रद्वालु निराजल व्रत रखकर ड्बते भगवान सूर्य को अर्थ्य देंगे और अगले दिन शनिवार की सुबह उदय होते भगवान भास्कर को अर्ध्य देकर अपना व्रत पूरा करेंगे छठ पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में खास कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है बाजार छठ पूंजा के सामान से सज गये हैं और लोग पूंजा से जुड़ी सामग्री की खरीददारी कर रहे हैं उधर नदी पोखरों के अलावा छठ पर्व के लिये विशेष रूप से बनाये गये अस्थायी पोखरों पर श्रद्वालु अर्ध्य देने की तैयारी भी कर रहे हैं इन सभी स्थानों पर साफ सफाई की जा रही है और प्रकाश का इंतजाम किया जा रहा है कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुये समी श्रद्वालुओं से बचाव से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विभिन्न घाटों पर इकट्ठा होने वाले श्रद्वालुओं के लिये स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करें